यह संघर्ष दो महीने से भी अधिक समय तक चला था इस वर्ष कारगिल विजय दिवस का मुख्य विषय है पुनर्स्मरण प्रसन्नता और पुनर्स्थापना कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कारगिल युद्ध में देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को नमन किया नाहन के शहीद स्मारक पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मातृभूमि की रक्षा करने वाले रणबांकुरों को श्रद्धासुमन अर्पित किए

इस अवसर पर लोगों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ दिलाई गई अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कारगिल विजय दिवस पर सैनिकों को श्रद्वासुमन अर्पित करते हुए भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया है उन्होंने कहा कि विजय दिवस वीर जवानों के अदम्य साहस और शौर्य की गौरव गाथा है अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के अन्य राज्यों के सैनिकों के साथ हिमाचल के जवानों ने इस युद्ध में हिस्सा लेते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए हिमाचल के परमवीर चक्र विजेता केप्टन विक्रम बत्रा और संजय कुमार ने अद्भुत पराक्रम का परिचय देते हुए दुनिया में हिमाचल का नाम रोशन किया है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि देश के नौजवान किसी भी स्थिति में भारत की रक्षा करने का जज्बा रखते हैं शिमला में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए सुरेश भारद्वाज ने कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित किए इस अवसर पर मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई सुरेश भारद्वाज ने कारगिल युद्ध में शहादत पाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा और सौरभ कालिया को याद किया उन्होंने शिमला जिला के चार शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया इस दौरान कारगिल युद्ध के बारे और कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य को दर्शाता वृत चित्र प्रदर्शित किया गया कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्दासुमन अर्पित करते हुए देश की सुरक्षा में सेना के योगदान को सराहा है उन्होंने कहा है कि देश के लिए जवानों द्वारा दिए गए बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा राठौर ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजभवन में पार्टी कार्यकर्त्ताओं व कर्मचारियों को एकता व अखंडता की शपथ दिलाई मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने अपने लाहौल दौरे के अंतिम दिन आज केलंग में दो आधुनिक एम्बुलेंस का लोकापर्ण किया इनमें से एक एम्बुलेंस स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर और दूसरी केलंग स्थित अस्पताल को दी गई है मारकंडा ने कहा कि यह एम्बुलेंस वेंटिलेटर सुविधा से लैस है और इसमें लगे उपकरण सामान्य एम्बुलेंस से बेहतर है इस दौरान कृषि मंत्री ने डाईट संस्थान में वृक्षारोपण भी किया इस बीच उन्होंने विभिन्न विभागों के साथ बजट को लेकर समीक्षा बैठक की

विक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने प्रधानमंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए और प्रयासों की जरूरत बताई है खादी व ग्रामोद्योग निदेशक मंडल की आज शिमला में हई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को इस कार्यक्रम के तहत चल रही इकाईयों के कार्यो की समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने को कहा विक्रम ठाक्र ने कहा कि इस रिपोर्ट से इकाईयों में रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या का पता चल सकेगा बैठक में खादी व ग्रामोद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण कुमार टाक ने प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि रोटरी क्लब विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समाज सेवा के विभिन्न कार्य कर रहा है कल देर शाम सोलन के कसौली में रोटरी क्लब के स्थापना समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि क्लब द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर व पौधरोपण सहित किए जाने वाले अन्य सामाजिक कार्य सराहनीय है

विधायक पवन नैय्यर ने आज चम्बा में साज फतेहपुर सड़क का शिलान्यास करने के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस सड़क के बनने से खजियार सहित दस पंचायतों के लोगों को लाभ होगा